प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे महिलाओं के प्रति न्याय की जीत बताया लोकसभा में विवादों के कारगर और समयबद्व निपटारे के लिए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक दो हजार उन्नीस पारित कार्मिकों के न्यूनतम वेतन को सुनिश्चित बनाने के लिए मजदूरी विधेयक संहिता को भी मंजूरी केन्द्र सरकार जलमार्गो से आवाजाही और पूर्वोत्तर राज्यों की नदियों के रास्ते जल परिवहन शुरू करने की है इच्छुक

संसद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक दो हजार उन्नीस यानी तीन तलाक विधेयक पारित कर दिया है

निन्यानवे सदस्यों ने विवेयक के पक्ष में योट दिया जबकि चौरासी ने इसका विरोध किया लोकसभा इस विघेयक को पहले ही पारित कर चुकी है विघेयक में तीन तलाक को अमान्य और अवैघ घोषित करने और इसे संज्ञेय अपराध बनाने का प्रावधान किया गया है इसमें तीन तलाक की पीडित महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों को गुजारा भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान है जिस महिला को तलाक दिया गया है उसकी सहमति और मजिस्ट्रेट की अनुमति से मामले में समझौते का भी प्रावधान है राज्यसभा ने विधेयक पर और विचार विमर्श के लिए इसे संसद की प्रवर समिति को भेजने के विपक्ष के प्रस्ताव को भी नामंजूर कर दिया दिनभर चली चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कहा कि यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए लाया गया है न कि किसी समूदाय को निशाना बनाने के लिए उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद सामने आये तीन तलाक से जुड़े मामलों में पचहत्तर प्रतिशत पीड़िता गरीब परिवार की हैं आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है आज का दिन इस हमारे मुस्लिम समाज की जो बेटियां हैं ये जो बहनें हैं उनके साथ जो नाइंसाफी चल रही थी आज दोनों हाउस ने उनके साथ न्याय किया है मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि ये एक बदलते भारत की शुरूआत है और मैं अभिनदन करूगा अपने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का कि उन्होंने इसमें इतना लीड लिया और आज हम बदलाव कर सकें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस विधेयक को महिलाओं के प्रति न्याय की जीत बताया इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह मुस्लिमों के पारिवारिक ढांचे को तोड़ने का प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि इस विधेयक में पीडित महिला और उसके भरण पोषण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है ये आपने इस देश के अल्पसंख्यकों को उनके आपसी झगड़े लड़ाई में लगे रहें वकील पति के खिलाफ करेगा पत्नी पति के वकील के खिलाफ करेगा जो कहीं एक जमीन का टुकड़ा होगा घर का टुकड़ा होगा वो बेच कर वकील लगेगें और इससे पहले कि उसकी जेल की मुदत खत्म हो गई होगी तब तक उनका दिवालिया निकला होगा महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि यह लाखों मुस्लिम महिलाओं की जीत है आज देश के लिए राजनीतिक और सामाजिक इतिहास रचा सरकार ने सात दशक से ज्यादा देश की मुस्लिम बहनों ने गृहार लगाई कि उन्हें न्याय मिले नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता है जो आज राज्यसभा में फतीयूत हुई और जो लाखों मुस्लिम बहने इंतजार में थी कि उन्हें न्याय मिले उनके लिए आज आशा की किरण जागी है उनको बहुत बहुत बधाई तीन तलाक बिल पास होने का देश की मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया है प्रदेश से मारिया फरहत ने इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में मुस्लिम महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण दिन बताया मैं मारिया फरहत आज मोदी सरकार को तीन तलाक के खिलाफ बिल पास हुआ है उसको बहुत बहुत मुबारक देती हूं कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की इस बहुत बड़ी समस्या को समझकर उसका समाधान निकाला है उसके लिए कानून बनाया है तो ये उनके हक के लिए बहुत ही बेहतर कदम है सामाजिक कार्यकर्ता सीमा खान ने कहा कि इस बिल के पास होने से मुस्लिम महिलाओं को राहत मिलेगी आज तीन तलाक का विल पास हो गया है मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि मुस्लिम महिलाओं के दिल में जो एक तलाक का डर था और वो इस डर को लेकर अपनी जिंदगी बसर करती थी एक जूते की तरह उनकी जिंदगी उनके ससुराल में हुआ करती थी आज उन्हें उससे निजात मिली केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए महान दिन है मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने तीन तलाक पर रोक के लिए प्रतिबद्वता दिखाई प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह भारत के संसदीय इतिहास का गौरवशाली दिन है इस दिल का पारित होना किसी भी मजहब या जाति के लिए नहीं है बल्कि नारी गरिमा और उनके सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक था लोकसभा ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक दो हजार उन्नीस कल पारित कर दिया है विधेयक का उद्देश्य विवादों के कारगर और समयबद्द निपटारे के लिए प्राधिकरण गठित कर उपमोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है इसके प्राव्वानों के तहत सरकार केंद्रीय उपमोक्ता संरक्षण अधिकरण गठित करेगी विधेयक पेश करते हुए उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री राव साहब पाटिल दानवे ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य कई नियमों को सरल बनाना है केन्द्रीय जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि सरकार जलमार्गो से आवाजाही और पूर्वोत्तर राज्यों की नदियों के रास्ते जल परिवहन शुरू करने की इच्छुक है श्री मंडाविया ने कहा कि इन राज्यों में जल परिवहन में किफायती फेरी सेवा शुरू करने के लिए सरकारी क्षेत्र की कम्पनी वैपकोस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है जहाजरानी मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लागू की जा सकती है

विधेयक का उद्देश्य सभी व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल श्रमिकों के वेतन और बोनस को विनियमित करना है चाहे गतिविधि किसी उद्योग या व्यापार या विनिर्माण से जुड़ी हो सहिता के अनुसार केंद्र सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को ध्यान में रखकर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करेगी मजदूरी संहिता पर चर्चा का जवाब देते हए श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि यह देश में श्रमिकों के कल्याण की दिशा में बड़ा कदम है उन्नाव दुष्कर्म मामले को लेकर राज्य सरकार ने कहा है कि वह लखनऊ के एक अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रही उन्नाव की दृष्कर्म पीड़िता के परिवार के साथ है उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कल किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और पीड़िता तथा उनके परिजनों से मुलाकात की हमारे संवाददाता ने बताया है कि पीड़िता के परिजनों ने रायबरेली जेल में बंद परिवार के एक सदस्य की पैरोल के लिए कल सुबह धरना दिया था एक रिपोर्ट उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीडिता के परिजनों से मुलाकात के बाद उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि परिवार की मांग के हिसाब से इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है उन्होंने कहा कि परिवार ने पीडिता के चाचा को पैरोल पर रिहा करने की अपील की थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम भी रविवार को रायवरेली में हुई दूर्घटना में घायल उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीडिता और उसके परिजनों से मुलाकात करने के लिए लखनऊ पहुंचे सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पहले ही पार्टी से निलम्बित कर दिये गये हैं उधर कल लोकसभा में उन्नाव दृष्कर्म मामले को लेकर हंगामा और नारेबाजी हुई जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग की